पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पहली पुण्यतिथि पर आज प्रदेशभर में दी गई श्रृद्वांजलि रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने कहा भारत पहले परमाणु अस्त्रों का उपयोग नहीं करेगा

पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि भारत एक बार इस्तेमाल होने वाली प्लास्टिक से मुक्ति के लिए चलायेगा बड़ा अभियान प्रदेश में पिछले दो तीन दिन से लगातार हो रही बारिश के चलते कोटा बारां प्रतापगढ झालावाड भीलवाडा और पाली जिले में बाढ़ जैसे हालात बन गये हैं वहीं कोटा जिले में सेना को ब्रलाना पड़ा कोटा जिले के कैथून में राहत कार्यो के लिये सेना ने मोर्चा संभाल लिया सेना के जवानों ने घर घर भोजन पहुंचाया और पानी से धिरे लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया नगर निगम के गोताखोर तथा आपदा राहत के सदस्य भी राहत कार्य में जुटे हैं इस बीच लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कैथून में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर राहत कार्यों का जायज़ा लिया

कोटा जिले के बोरखंडी गांव में पानी भर गया है ग्रामीणों को सुरक्षित स्थान पर ले जाया जा रहा है

भीलवाड़ा जिले में भी मूसलाधार वर्षा से जनजीवन अस्तव्यस्त हो गया नदी बांधों के उफान पर होने से कई गांवों का सड़क संपर्क टूट गया है

मौके पर राहत और बचाव दल पहुंच गये हैं भारी वर्षा के कारण जिले के सभी स्कूलों में आज जिला कलेक्टर के निर्देश पर अवकाश घोषित कर दिया गया चित्तौडगढ़ जिले में बेगूं उपखंड में भारी बारिश हुई है इस कारण ब्राह्मणी नदी उफान पर है भारी बरसात को देखर्त हुए प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है वहीं निचले क्षेत्रों पर नजर रखी जा रही है चित्तौडगढ़ शहर के मध्वन बाईपास पर पानी भर गया है उधर बारां के कवाई में फंसे यात्रियों को निकालने के लिए सेना की ओर से बचाव अभियान चलाया गया

झालावाड़ जिले में पिछले चार दिनों से जारी बरसात की वजह से जिले में बहने वाल सभी नदियां उफान पर हैं

नदी में उफान आने से नदी के आस पास के खेतों और गावों की निचली बस्तियों में पानी भर गया है

जिले का खानपुर कस्बा चारों ओर से पानी से धिरा हुआ है

जिला प्रशासन ने चम्बल नदी के किनारे बासे सभी गांव में अलर्ट जारी कर दिया है जोधपुर में मूसलाधार बारिश के चलते गुलजारपुरा क्षेत्र स्थित पहाडियों से पत्थर ट्रटकर मकान पर जा गिरे इस हादसे में एक बालिका और एक युवक की मृत्यु हो गई नागौरी गेट के पास एक मकान की पट्टियां गिरने से एक व्यक्ति घायल हो गया बालरवा के पास राजीव गांधी लिफ्ट कैनाल ट्रट गई भारी बारिश के चलते शिक्षा विभाग की ओर से कल भी जिले के स्कूलों में अवकाश घोषित किया गया है पाली जिले में भी लगातार बारिश के कारण निचली बस्तियों में पानी जमा हो गया हमारे पाली संवाददाता ने बताया कि जिले में वर्षा जनित हादसों में चार लोगों की मौत हो गई है भारी बारिश के कारण पाली मारवाड़ बोमदड़ा केरला पाली मारवाड़ रेलखण्डों में ट्रेक के नीचे पानी भर जाने के कारण रेल यातायात प्रभावित हुआ है कल इंदौर जोधपुर ट्रेन रदद रहेगी जोधपुर अहमदाबाद सवारी गाड़ी आज लूणी तक चलेगी ये ट्रेन लूणी अहमदाबाद के बीच आंशिक रदद रहेगी अहमदाबाद जयपुर ट्रेन आज मारवाड़ जंक्शन तक संचालित होगी

एक प्रखर वक्ता होने के अलावा वे एक लेखक कवि निस्वार्थ सामाजिक कार्यकर्ता और पत्रकार भी थे

इधर जयपुर में प्रदेश भाजपा मुख्यालय में हुए श्रद्वांजलि कार्यक्रम में पार्टी नेताओं ने उन्हें श्रद्वांजलि दी भाजपा विधायक संतीश पूनिया ने कहा कि श्री वाजपेयी ने देश के लिए दुढनिष्ठ होकर कार्य किया

आज पोखरण में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि भारत इस सिद्धांत पर दुढ़ता से टिका हआ है लेकिन भविष्य में क्या होगा यह परिस्थितियों पर निर्भर करेगा रक्षा मंत्री ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल जी को श्रद्वांजलि देते हुए कहा कि जैसलमेर जिले में पोखरण वो स्थान है जहां अटल जी के नेतृत्व में परमाण् परीक्षण किये गये थे रक्षामंत्री ने इससे पहले अंतर्राष्ट्रीय आर्मी स्काउटस मास्टर प्रतियोगिता के समापन समारोह को सम्बोधित किया

निर्वाचन अधिकारी प्रमिल कुमार माथुर ने बताया कि कांग्रेस के डॉ मनमोहन सिंह द्वारा भरे गये चारों नामांकन पत्र जांच में सही पाये गये

सुनवाई के दौरान केन्द्र ने शीर्ष न्यायालय को बताया कि जम्मू कश्मीर में स्थिति में सुधार हो रहा है और पाबंदियों को धीरे धीरे हटाया जा रहा है कश्मीर टाइम्स की कार्यकारी संपादक अनुराधा भसीन ने मोबाइल इंटरनेट और लैंडलाइन सेवाओं सहित संचार के सभी साधनों को बहाल करने का निर्देश देने की याचिका दायर की है प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई न्यायमूर्ति एस ए बोबड़े और न्यायमूर्ति एस ए नजीर की खंडपीठ ने कहा कि मीडिया की खबरों से पता चलता है कि लैंडलाइन और ब्रॉडबैंड कनेक्शन धीरे धीरे बहाल किये जा रहे हैं इसलिए इस याचिका पर अन्य संबंधित मामलों के साथ सुनवाई की जायेगी न्यायालय ने इस याचिका की सुनवाई के लिए कोई तारीख अभी तय नहीं की

रेलवे की ओर से थार लिंक एक्सप्रेस को आगामी आदेश तक रद्द कर दिया गया है उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसम्पर्क अधिकारी अभय शर्मा ने बताया कि भारत की ओर से चलने वाली थार एक्सप्रेस का पाकिस्तान के लिए आज इस महीने तीसरा फेरा होने वाला था जो रदद कर दिया गया है

उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में राज्य सरकारों सहित सभी संबद्ध पक्षों से चर्चा की जायेगी श्री जावड़ेकर ने कल ब्राजील के साओ पावलो में कहा कि इसे एक विशाल जन अभियान बनाने के लिए जमीनी स्तर पर काम किया जायेगा

पुलिस अधिकारी सहित भारी संख्या पुलिस बल मौके पर तैनात किया गया है स्थानीय लोगों ने आज मृतक के शव को लेकर प्रदर्शन किया

शिक्षा राज्यमंत्री आज श्रीगंगानगर में राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय मटका चौक में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए अंग उपकरणों के वितरण समारोह में बोल रहे थे

समापन समारोह को सम्बोधित करते हुए पत्र सूचना कार्यालय की अपर महानिदेशक डॉ प्रज्ञा पालीवाल गौड़ ने कहा कि महात्मा गांधी का जीवन हम सबके लिए प्रेरणा का स्त्रोत है